मतगणना दो मई को होगी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम आठ बजे देश में फैले कोरोना संकमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक करेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाने वाली इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे इस बैठक में प्रधानमंत्री देशभर में कोरोना के नए मामलों में हुई बढ़ोतरी के बीच कई राज्यों से अस्पताल की सुविधाओं की कमी और ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसी आवश्यक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने और महामारी पर अंकुश लगाने के उपाय के लिए नियमित रूप से मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहले भी बैठकें करते रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े फैसले लेने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कवायद के तहत उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक आज शाम साढे छह बजे वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये हो रही है बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों अथवा प्रतिनिधियों को शामिल रहने का आग्रह किया गया था मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी दलों के नेताओं से बैठक को लेकर संपर्क किया गया बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कड़े उपायों पर चर्चा की जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अधिकारियों संग उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा था कि सरकार परिस्थितियों का आकलन कर निर्णय करेगी राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन हजार आठ सौ तैतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पचपन हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर एक हजार तीन सौ तिरानबे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तीस हजार छह सौ चौरानबे पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर तेइस हजार पैतालीस पहुंच गई है राज्य भर में कल छप्पन कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कल संख्या बढ़कर एक हजार तीन सौ छिहतर पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची के एक हजार तीन सौ बहतर पूर्वी सिंहभूम के सात सौ नौ हजारीबाग के एक सौ बेयासी देवघर के एक सौ तिहतर कोडरमा के एक सौ उनसठ बोकारो के एक सौ चालीस रामगढ़ के एक सौ छत्तीस गुमला के एक सौ बारह पश्चिमी सिंहभूम के एक सौ सात सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं

झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गयी हैं कोरोना संक्रमण की पुष्टि को बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है राजभवन के सूत्रों से जानकारी के अनुसार फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है राजभवन के कुछ स्टाफ पहले ही संक्रमित पाए गए हैं अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी कोरोना संक्रमित हो गई है

सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो को आज एयर एंबुलेंस से इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया विधायक कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं मधुपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने कोरोना जांच कराई थी जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई

कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई आज धनबाद उपायुक्त की देखरेख में उन्हें धनबाद से बोकारो और फिर बोकारो हवाई अड्डे से एयरलिफ्ट कर हैदराबाद भेजा गया

पलामू में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है

कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन से मुकाबले के लिए पलामू जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर रखा है पलामू के उपायुक्त शशिरंजन ने कहा है कि सभी लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें इससे इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है

इसके अलावा भारी मात्रा में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रिजर्व रखे गए हैं

उपायुक्त स्वयं पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं झारखंड सरकार ने अस्पतालों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव शांतनु अग्रहरि को रांची के लिए स्टेट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल ऑफिसर नामित किया है

इसी तरह रांची को छोड़कर अन्य जिलों के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज हेतु बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अमित कुमार को स्टेट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल ऑफिसर नामित किया है परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी को सहायक स्टेट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल ऑफिसर नामित किया है इसी तरह राज्य सरकार ने खेल निदेशक जीशान कमर को टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर नामित किया है

मतदान शांतिपूर्ण रहा मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पिछले साल कोविड से मौत के बाद मधुपुर विधानसभा सीट खाली थी इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या तीन लाख बाइस हजार नब्बे है उपचुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं कोरोना को लेकर मतदाताओं से दो गज की शारीरिक द्री का पालन करने के साथ साथ मास्क पहनने की अपील की गई है इस उपच्रनाव की मतों की गिनती दो मई को होगी झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आम लोगों के लिए कोरोना संकमण से बचाव के लिए दवाईयां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं डॉक्सीसाइक्लिन रेमेडिसिविर फैवीपिरावीर उपलब्ध नहीं होने पर गंभीर नाराजगी जतायी है झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि आम लोगों को जरुरी दवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है तीस हजार में रेमेडिसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की खबर पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की न्यायालय ने कहा है कि इग्स कंट्रोलर और इग्स इंस्पेक्टर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं आज कोरोना से निपटने के इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीष सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ये बातें कहीं मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में दवाओं का कृ त्रिम अभाव किया गया है किसी भी कीमत में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी चारा घोटाले के दुमका कोषागार के मामले में लालू प्रसाद की अर्जी पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी चारा घोटाला के तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद को दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी तीसरे मामले में जमानत मिलने से उनके जेल बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर आने के लिए एक लाख रूपये का नीजि मुचलके का बॉड नीचली अदालत में भरने का निर्देश दिया है

रांची जिला प्रशासन के साथ रामनवमी अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक आज हई रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू में लाने पर चर्चा हई अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस पर पहले ही सर्वसम्मति बन गई है कि कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए इस बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा

कल देर रात रिमांड होम की छत से पेड़ के सहारे उतरकर एक और बच्चा फरार हो गया

बच्चों के लगातार भागने से रिमांड होम और बालगुह की सुरक्षा को लेकर चिन्ता जताई गई है